सरकार ने कहा सच्चाई की जीत हुई

आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती देने वाले महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का आज सुबह पीएमसीएच में निधन हो गया

श्री सिंह पिछले कई वर्षों से बीमार चल रहे थे डॉक्टर सिंह का कल उनके पैतृक गांव भोजपुर जिले के वसंतपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार सम्पन्न होगा उनके अंतिम दर्शनों के लिये लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है आकाशवाणी समाचार की एक श्रद्वांजलि साउंड बाईट दो अप्रैल उन्नीस सौ बयालीस को भोजपुर जिले के वसंतपुर गांव की मिट्टी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने अपनी गणितीय क्षमताओं से देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का नाम रौशन किया नेतरहाट आवासीय विद्यालय से शुरूआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में नामांकन लिया वशिष्ठ नारायण सिंह ने अमेरिका के कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय से उन्नीस सौ उनहत्तर में साइकल वेक्टर स्पेस थ्योरी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन के साथ साथ उन्होंने अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भी काम किया

वे पिछले चालीस सालों से इस बीमारी से जूझ रहे थे गणित और विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा आकाशवाणी समाचार के लिये पटना से सविता पारीक महान गणितज्ञ के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राजनीति और शिक्षा जगत से ज़ुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जताई है राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा है कि उन्हें डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन के बारे में सुनकर काफी दुःख हुआ है उन्होंने डॉक्टर सिंह के परिवार और उनके सहयोगियों के प्रति संवेदना जतायी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि डॉक्टर सिंह के निधन से देश ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक विलक्षण प्रतिभा को खो दिया है मुख्यमंत्री ने वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की उच्चतम न्यायालय ने छत्तीस रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग संबंधी प्रनर्विचार याचिकाओं को आज खारिज कर दिया न्यायालय ने कहा कि पूनर्विचार याचिकाओं में कोई गुण दोष नहीं है तीन न्यायाधीशों की पीठ ने रफाल सौदे में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को भी खारिज कर दिया इन याचिकाओं में चौदह दिसम्बर दो हजार अठारह के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी जिसमें न्यायालय ने कहा था कि रफाल खरीद के निर्णय से संबंधित प्रक्रिया में संदेह का कोई सवाल ही नहीं है न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिकाओं में पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा अधिवक्ता प्रशांत भूषण की याचिकाएं भी शामिल थीं याचिका में आरोप लगाया गया था कि राफाल सौदे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया गया है इसलिए इसकी आपराधिक जांच की जानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये मोदी सरकार की ईमानदारी से परिपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का सम्मान है और सच्चाई की जीत हुई है श्री प्रसाद ने कहा कि इस फैसले के बाद कांग्रेस और पार्टी नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए उन्होंने कहा कि बोफोर्स से लेकर अगुस्ता वेस्टलैंड मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त लोग न्याय की मांग का स्वांग रच रहे हैं

मात्र की सुक्षा की जीत है और नरेन्न्र मोदी सरकार के ईमानदार निर्णय प्रक्रिया की जीत है सत्यमेव जयते

साउंड बाईट मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं और इससे हमारी सरकार के स्टैंड का विंडकेशन हुआ है इस फैसले के परिणाम स्वरूप बल्कि हमारी सरकार की जो डिशिजन मेकिंग यह जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और रफाल के संबंधी जो भी निर्णय लिया गया था वो पुरी तरह से पारदर्शिता के आधार पर लिया गया था और साथ ही डिफेंस प्रीपेडनेस की एजेंसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया था राष्ट्रहित में यह फैसला था मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत अब बारह दिसम्बर के बाद अपना फैसला सुनायेगी दिल्ली में सभी छह जिला अदालतों में चल रही वकीलों की हड़ताल के कारण मामले के अभियुक्तों को अदालत नहीं लाया जा सका इस मामले में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाक़्र सहित इक्कीस लोगों को बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पॉक्सो और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत आरोपित बनाया गया है अन्य आरोपितों में आश्रय गृह के कर्मचारी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं उनतालीसवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली में प्रगति मैदान में शुरू हो गया है इस वर्ष मेले का मुख्य विषय है सुगमता के साथ व्यापार केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए खुशी जाहिर की कि इस बार बिहार और झारखंड पर विशेष जोर दिया गया है

इससे एक करोड़ से ज्यादा राजेगार का सृजन हुआ है यह मेला पहले पांच दिन कारोबारियों के लिए होगा इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जायेगा

साउंड बाईट चौदह दिनों तक चलने वाले इस व्यापार मेले में ऑस्ट्रलिया ईरान ब्रिटेन वियतनाम बहरीन बांग्लादेश भूटान चीन हांगकांग इंडोनेशिया जैसे देश भाग ले रहे है इस साल भागीदार देश के रूप में अफगानिस्तान आया है और दक्षणि कोरिया को खास देश के रूप में शामिल किया गया है बिहार और झारखंड विशेष राज्य के रूप में इस साल मेले में शामिल हैं

मेले का टिकट मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध है दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में इस वर्ष बच्चों पर लगभग इक्कीस हजार करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे आज पटना में बच्चों के बजट निर्माण के लिये मानक कार्य संचालन प्रक्रिया दस्तावेज जारी करते हुए श्री मोदी ने कहा कि बच्चों के बजट में प्रति वर्ष अठारह दशमलव एक प्रतिशत तथा खर्चों में छब्बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है उन्होंने बताया कि केरल और असम के बाद बिहार देश का तीसरा राज्य है जो मूल बजट के अंग के तौर पर आठ विभागों के जरिये बच्चों के कल्याण और विकास पर खर्च के लिये बजट बनाता है कृतज्ञ राष्ट्र ने आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को उनकी एक सौ तीसवीं जयंती पर श्रद्धाप्र्वक याद किया आज का दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर आज से बीस नवम्बर तक अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने पंडित नेहरू को श्रद्धा सुमन अर्पित किये इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पंडित नेहरू की जयंती पर समारोह का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गयी निगरानी जांच ब्यूरो ने आज पश्चिम चम्पारण जिले के नरकटियागंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार को पचास हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक राजेन्द्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अधिकारी एक संवेदक से डोर टू डोर कचड़ा उठाव के काम के आवंटन के एवज में रिश्वत ले रहा था शेखपुरा जिले के कुसुम्भा चौकी क्षेत्र अंतर्गत देवले गांव से पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चीन बेरिया गांव में करंट लगने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गयी

विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने मुख्य समारोह का उद्घाटन किया और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन

सरकार ने कहा सच्चाई की जीत हुई